योग दिवस पर पूरे प्रदेश में हुए कई कार्यक्रम

छत्तीसगढ़ ने बनाया विश्व रिकार्ड

राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि योग मानवता के प्रति भारत का अनमोल उपहार है श्री कोविंद ने योग को स्वस्थ जीवन मन और शरीर के बीच संतुलन की कुंजी बताया वहीं ब्रह्म कुमारी संगठन की ओर से लालकिला परिक्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में उप राष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू शामिल हुए योग दिवस के अवसर पर झारखंड के रांची में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शामिल हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के बदलते समय में केन्द्र सरकार का उद्वेश्य योग को देश के सुदूर अंचलों तक पहुंचाना है श्री मोदी ने कहा है कि योग भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है

कार्यक्रम में आयुष विभाग के राज्य मंत्री श्रीपद नाईक ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार उत्तम स्वास्थ्य के उद्देश्य से योग के लाभों के प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है योग दिवस प्रदेश प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया मुख्य कार्यक्रम भोपाल स्थित लाल परेड़ ग्राउण्ड में हुआ राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी भी कार्यक्रम में शामिल हुए इसके अलावा राजभवन में भी योग दिवस का आयोजन हआ जहां राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने अधिकारियों और लोगों के साथ योगाभ्यास किया जिलों में भी आज सुबह योग कार्यक्रम आयोजित किए गए जहां मध्यप्रदेश गान के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ के संदेश का प्रसारण किया गया मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नागरिकों और विशेष रूप से युवाओं से आग्रह किया है कि वे योग को अपनायें इंदौर में आयोजित योग कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी शामिल हए उन्होंने योग को शिक्षा और खेल की तरह उपयोगी बताया वहीं सागर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हमारे छतरपुर संवाददाता ने खबर दी है कि इस अवसर पर जिले के स्कूलों सार्वजनिक प्रतिष्ठान और निजी स्कूलों में भी योग कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नीमच जिले के तहसीलों और ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर योगाभ्यास और प्राणायाम कार्यक्रम आयोजित किये गये उमरिया उज्जैन रीवा शिवपुरी सहित विभिन्न जिलों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाये जाने के समाचार मिले हैं

गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड के प्रतिनिधि आलोक कुमार ने छत्तीसगढ़ को नये विश्व कीर्तिमान बनाने का प्रोविजनल प्रमाण पत्र प्रदान किया उन्होंने बताया कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मल्टीपल लोकेशन में लोगों द्वारा योगाभ्यास का वर्ल्ड रिकार्ड दर्ज किया गया है जावडेकर वन पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि उनके मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे वन भूमि और उसके आसपास की जमीन पर चलाए जा रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम में बांस और औषधीय पौधे लगाने पर भी विचार करें लोकसभा में एक सवाल के जवाब में श्री जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी है कि वन महोत्सव और विश्व पर्यावरण दिवस जैसे अवसरों पर नीम पीपल और बरगद जैसे देसी वृक्ष भी लगाएं उन्होंने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्मार्ट कैम्पस कार्यक्रम शुरु कर चुका है जिसमें परिसर को हरा भरा बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन देख सकते हैं इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब टिवटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं अब आप प्रसार भारती के अधिकारिक एप न्यूज ऑन एआइआर पर भी समाचार लाइव सुन सकते हैं

विधेयक पेश होते समय सदन में विपक्ष की ओर से कड़ा प्रतिकार किया गया श्री प्रसाद ने कहा कि देश में तीन तलाक के मामले बढ़ रहे हैं और यह विधेयक महिलाओं को न्याय और अधिकार प्रदान करेगा उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा में दिसंबर में इस बिल को पारित किया गया लेकिन ये बिल राज्यसभा में लंबित रह गया

सरकार ने इसके दुरूपयोग की संभावना को देखते हुए संबंधित पक्षों की रक्षा के लिये कुछ प्रावधान अलग से जोड़े हैं इनमें सुनवाई के दौरान आरोपी को जमानत देने का प्रावधान भी है अजय बयान विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय सिंह ने एक बयान जारी कर राज्य सरकार से जनहित में कार्य करते रहने की अपील की है श्री सिंह ने कहा कि राज्य सरकार में शामिल मंत्रियों को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये जिससे जनता और कार्यकर्ताओं के विश्वास को आघात लगे गौरतलब है कि श्री सिंह का यह बयान उस समय आया है जब राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान कुछ मंत्रियों के आपसी मतभेद की खबर मीडिया में उजागर हई थी श्रमिक आरिफ अल्प संख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील ने कहा है कि गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के उद्यमियों और श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण तय सीमा में किया जाएगा श्री अकील ने आज भोपाल में गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के वार्षिक कार्यक्रम में औद्योगिक क्षेत्र के झुग्गीवासियों को घर बनाकर दिये जाने की श्रमिकों की मांग पर प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों और नालियों का निर्माण और सुधार शीघ्र कर लिया जाएगा शिवराज धरना भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के भारतमाता चौराहे पर शिवम मिश्रा के परिजनों के साथ धरना दिया बाद में उन्होंने परिजनों के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ज्ञापन दिया और पीड़ित के परिवार के लोगों को यथाशीघ्र न्याय दिलाने की मांग की इस मामले पर कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक ने कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और घटना की न्यायिक जांच की घोषणा कर चुके हैं गौरतलब है कि हाल ही में भोपाल के बैरागढ़ में एक सड़क हादसे के बाद पुलिस हिरासत में एक युवक शिवम मिश्रा की मौत हो गई थी मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम सामान्य रहा जबकि शहडोल उज्जैन और इंदौर संभाग में कहीं कहीं वर्षा हुई भोपाल ग्वालियर चंबल उज्जैन संभागों में अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई वहीं शेष संभागों में तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ

दूसरी ओर मॉनसून की लम्बी खेंच से प्रदेश के किसान चिंतित हो रहे हैं और बोवनी का कार्य प्रभावित हो रहा है

प्रदेश के शेष जिलों में मौसम सामान्य रहेगा

इंग्लैंड की ओर से आर्चर और वुड्स ने तीन तीन विकेट प्राप्त किये